अमर शहीद बिरसा जयंती अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर आज रीवा में आदिवासी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जिसमें प्रदेश के दस जिलों के आदिवासी शिरकत कर रहे हैं

उधर जबलपुर में भी विभिन्न संगठनों द्वारा आधारताल चौराहे पर जल जगल और जमीन के प्रणेता शहीद बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया

श्री जब्बार का कल रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था वे पिछले एक सप्ताह से अस्पताल में भर्ती थे उनकी मृत्यु पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शोक व्यक्त किया है उन्होंने कहा है कि श्री जब्बार के निधन से हमने एक संघर्षशील और सामाजिक कार्यकर्ता को खो दिया है वहीं भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुर्नवास मंत्री आरिफ अकील सहित कई सामाजिक संगठनों ने श्री जब्बार के निधन पर शोक प्रकट किया है

इस दुर्घटना में एक दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गये इनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है